भारतीय किकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतरराष्ट्रीय किकेट से लिया संन्यास मौसम विभाग ने आज पाली जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बरसात की जताई संभावना

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिये और घरेलू तथा वैश्विक बाजार में उत्पादन के लिये अपने व्यापक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिये

उन्होने विश्वास जताया कि भारत इस सपने को साकार करेगा

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान विश्व की बड़ी कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं श्री मोदी ने फिर वोकल फॉर लोकल का आहवान किया और कहा कि भारत को मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ आगे बढना होगा

राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झण्डा फहराया और परेड का निरीक्षण किया कोरोना महामारी के कारण इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिथि सीमित संख्या में बुलाये गये

स्कूली बच्चों की ओर से हर वर्ष होने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी टाल दी गईं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाये रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है उन्होने कहा कि उनकी सरकार सुशासन और हर क्षेत्र में विकास पर जोर दे रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में पिछले दिनों ऐतिहासिक काम हुआ है उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिये सरकार की ओर से किये जा रहे कार्यों का जिक किया

इनको मिलाकर संक्रमितों की संख्या उनसठ हजार नौ सौ उन्यासी हो गई है

वहीं राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती जांच में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है

श्रीमाता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने कहा कि पहले सप्ताह के दौरान प्रत्येक दिन केवल दो हजार श्रद्वालुओं को ही यात्रा की अनुमति होगी इनमें एक हजार नौ सौ श्रद्वालु जम्मू कश्मीर के और शेष एक सौ बाहर के होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत इस अभियान का लक्ष्य युवाओं को फिटनेस के बारे में जागरूक करना है

सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान सहयोग और समर्थन के लिए प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया

वहीं सुरेश रैना ने भी अंतरराष्ट्रीय किकेट से संन्यास की घोषणा की है

केंद्र ने इस विज्ञापन को फर्जी बताते हुए कहा है कि ऐसी कोई योजना लागू नहीं है केंद्र ने लोगों से कहा कि वे ऐसे निराधार दावों और विज्ञापनों के छलावे में न आएं

उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के प्रति अटल जी की सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी

पारसी नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि नववर्ष का दिवस पारसी समुदाय के लिए प्रार्थना उत्साह और उल्लास का अवसर होता है

विभाग ने आज पाली जिले में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है इसके अलावा चूरू झुंझुनूं धौलपुर और अलवर में बारिश हो सकती है

साथ ही ये द्रदर्शन डीटीएच चैनल प्रधानमंत्री कार्यालय और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूज़ ऑन एआइआर एप पर भी उपलब्ध रहेगा